राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे निजी डॉक्टरों को मरीज से संबंधित जानकारी जिले के स्वास्थ्य अधिकारी से साझा करने के निर्देश दिए बेमेतरा जिले में रविवार तेरह सितंबर से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाएगा बीजापुर जिले के जांगला क्षेत्र में माओवादियों ने मजदूरी भुगतान करने गए वन विभाग के रेंजर की हत्या की

इक्कीसवीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नये भारत की आकांक्षाओं अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नये भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षो की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है

अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने की प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय और वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे कोरोना जांच निर्देश राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं स्टेट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तकनीकी समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच की रणनीति में थोड़ा संशोधन किया गया है प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क में आए ऐसे लोग जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी इसके अलावा उच्च जोखिम वर्ग में आने वाले लोगों जैसे पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें मधुमेह उच्च रक्तचाप कैंसर किडनी और सिकलसेल जैसी बीमारियां हैं साथ ही गर्भवती महिलाएं जो प्राथमिक संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच की जाएगी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बुखार सर्दी खांसी या सांस लेने में तकलीफ अथवा सांस संबंधित गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और निमोनिया के मरीजों की भी जांच के निर्देश दिए हैं इसी तरह ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण जैसे मुंह में स्वाद न आना सुगंध न आना उल्टी या पतले दस्त होना और मांसपेशियों में दर्द होना ऐसे लक्षणों वाले व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद यदि रैपिड एंटीजन किट से ऐसे लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो सभी की आरटी पीसीआर या ट्ट नॉट विधि से जांच की जाएगी इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी कर रहे निजी डॉक्टरों को मरीज से संबंधित सारी जानकारी जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए कहा है स्वास्थ्य विमाग ने कहा है कि निजी अस्पतालों नर्सिंग होम और डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के बारे में सारी जानकारी हर रोज निर्धारित प्रपत्र में साझा करनी होगी इधर राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को यथासंभव निजी वाहन से ही कार्यालय आने का सुझाव दिया गया है

माध्यमिक शिक्षा मंडल और ओपन स्कूल को आज से तेरह सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव व्हीके गोयल और संभागीय शिक्षा कार्यालय के संयुक्त संचालक एसके भारद्वाज कोरोना पॉजीटिव मिले हैं जिसके बाद दोनों कार्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है इसी तरह राजनांदगांव के पर्रीनाला के पास स्थित विद्युत कंपनी के मुख्य कार्यालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है इस कार्यालय में पांच अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद प्रशासनिक भवन को आगामी आदेश तक बंद किया गया है इसके पहले जिला मुख्यालय में लोक निर्माण तहसील नगर निगम और कलेक्टोरेट समेत कई शासकीय कार्यालयों में कोरोना संक्रमण के कारण कामकाज बाधित हुआ है इस बीच दुर्ग जिले के दुर्ग पाटन और धमधा ब्लॉक में अब चौंतीस स्थानों पर फीवर क्लीनिक के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो गई है

यह लॉकडाउन आगामी तेरह से बीस सितंबर तक रहेगा आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय अर्द्वशासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे वहीं लॉकडाउन अवधि में डेयरी फल और सब्जी की दुकानें सुबह सात से ग्यारह बजे तक ही संचालित होंगी उधर राजनांदगांव जिलें में शहरी क्षेत्र के अलावा अन्य ब्लॉकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है जिसके बाद डॉगरगांव में कल बारह सितंबर से सप्ताहभर के लिए लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी गौरतलब है कि डोंगरगढ़ में भी कल से लॉकडाउन रहेगा कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है दुर्ग जिले में आज शाम तक पचयासी नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें धमधा से एक स्वास्थ्य अधिकारी और गृह मंत्री निवास से तीन कर्मचारी शामिल हैं इधर जांजगीर के तहसीलदार कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं वहीं इसी जिले के लोहरसी गांव में कोरोना संक्रमित ग्यारह नये मरीज मिले हैं उधर महासमुंद जिला पंचायत के एक कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिसके चलते जिला पंचायत कार्यालय में आगामी सोलह सितंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है वहीं मुंगेली जिले में पथरिया क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर व्यास नारायण द्विवेदी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई श्री द्विवेदी रविशंकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पहले अध्यक्ष थे प्रदेश में कल दो हजार दो सौ सत्ताईस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इनमें रायपुर जिले से छह सौ बहत्तर मरीज शामिल हैं वहीं कल सोलह लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी का प्रसारण आगामी तेरह सितंबर रविवार को होगा मुख्यमंत्री इस बार लोकवाणी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा

इस श्रृंखला में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा एनसीसी निदेशालय ने सम्मिलित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का आयोजन किया कोरोना संक्रमण की वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के भोजन कला समूह गान और नृत्य की ऑनलाइन प्रस्तुतियां दी गई इस शिविर का मुख्य उद्देश्य भारत की विविधता एकता और अखंडता के दर्शन कराना तथा विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराना था माशिमं ऑनलाइन क्लास छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा बारहवीं के अध्ययन अध्यापन के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं इस कड़ी में आज चार विषयों हिन्दी रसायन शास्त्र राजनीति विज्ञान और लेखाशास्त्र की कक्षाएं संचालित की गई गौरतलब है कि बीते सात सितंबर से बारहवीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं जिसमें तेरह हजार से अधिक छात्र शामिल हुए हैं ऑनलाइन कक्षाओं के जरिये बारहवीं के सभी छात्र अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं इसके लिए मंडल की वेबसाइट में ऑनलाइन क्लास पर क्लिक करके छात्र कक्षा से जुड़ सकते हैं आगामी ऑनलाइन कक्षाओं की समय सारिणी भी मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है द्रेन सुविधा कल बारह सितंबर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली दो नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएंगी इनमें खुर्दारोड अहमदाबाद और गांधीधाम खुर्दारोड स्पेशल ट्रेन शामिल हैं खुर्दारोड अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन सप्ताह में चार दिन होगा वहीं गांधीधाम खुर्दारोड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन सोलह सितंबर से और खुर्दारोड गांधीधाम का परिचालन उन्नीस सितंबर से किया जाएगा इस ट्रेन का स्टॉपेज प्रदेश के दुर्ग रायपुर और महासमुंद में दिया गया है माओवादी हत्या बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा एक वन परिक्षेत्र अधिकारी की हत्या किए जाने की खबर मिली है मिली जानकारी के अनुसार रेंजर रथराम पटेल इंद्रावती टाईगर रिजर्व के भैरमगढ़ परिक्षेत्र में पदस्थ थे बताया जाता है कि वे आज जांगला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोंदरोंजी में मजदूरी भुगतान के लिए गए हुए थे इसी दौरान माओवादियों ने उनका अपहरण कर लिया और फिर गांव के स्कूल के पास धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी रेंजर रथराम पटेल मूलरूप से बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के अंतर्गत कुम्हारी गांव के रहने वाले थे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 इस बीच सुकमा जिले में माओवादियों ने दो परिवार को गांव से निकाल दिया है ये घटना पोलमपल्ली इलाके को पालामड़गू गांव की है मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों द्वारा फरमान जारी करने के बाद दोनों परिवारों के करीब बारह लोग गांव छोड़कर पोलमपल्ली पहुंचे जिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने स्थानीय अधिकारियों को इन ग्रामीणों की भोजन आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं गांजा बरामद महासमुंद जिले के कोमाखान इलाके में पुलिस ने नौ क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है हमारे संवाददाता के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से अवैध गांजे की तस्करी कर रहे हैं इस सूचना के आधार पर टेमरी फॉरेस्ट नाके के पास एक वाहन को रोका गया जिसकी तलाशी लेने पर खाली कैरेटों के नीचे करीब चौंतीस बोरियों में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया जब्त गांजे की कीमत एक करोड़ बयासी लाख रूपये से अधिक आंकी गई है इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है ये दोनों लोग बिहार के निवासी बताए जाते हैं महासमुंद हत्या महासमुंद जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुई अलग अलग घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गई वहीं सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायलों को बेहतर उपचार के लिए रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के अनुसार जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के जोबा गांव में आज सुबह एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई मृतकों में चालीस साल की एक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं वहीं महिला के पति सास और दो संतान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है इधर कल शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं वहीं सरायपाली क्षेत्र के घोड़ाधार जलप्रपात के पास खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई पुलिस ने युवक का शव बरामद कर लिया है परिवहन मंत्री बयान प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की कल हुई वर्चुअल बैठक में उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान मार्गो पर अनावश्यक मोड़ नहीं रखने के भी निर्देश दिए परिवहन मंत्री ने वाहनों की गति को नियंत्रित करने स्पीड गर्वनर लगाने और नशे में गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ स्टंट करने वाले वाहनों चालकों के विरूद्व कार्रवाई करने को कहा स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कल सरगुजा जिले में पढ़ई तुंहर दुआर और पढ़ई तुंहर पारा की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया इस दौरान डॉक्टर शुक्ला ने बतौली विकासखंड के केनापारा में चलाए जा रहे मोहल्ला क्लास का भी निरीक्षण किया प्रमुख सचिव ने बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तकला के संबंध में जानकारी ली इसके अलावा उन्होंने सीतापुर और मैनपाट विकासखंड के मोहल्ला क्लास का भी निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बाद उनसे चर्चा करें और पाढ़य सामग्री को फिर से दोहराने के लिए कहें इससे पहले प्रमुख सचिव ने कल ही जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में संचालित मोहल्ला क्लास का अवलोकन किया था

मौसम मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका अमृतसर से बंगाल की खाड़ी तक स्थित है इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा की चेतावनी भी दी गई है संक्षिप्त समाचार बालोद जिले में आज वन कर्मचारी शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में शहीद वनकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया इसी जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उन्नीस सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है

बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण वाटिका का निर्माण किया गया है इसी जिले में निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं से बच्चों को हटाने के मामले में छात्रों के अभिमावक चौदह सितंबर को कलेक्टोरेट और जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे